जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है

दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अनुमति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे जिन भवन निर्माण स्थला पर मजदूर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य शुरू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीडीएच और केबल सवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनूमति दी गई है

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे नये दिशा निर्देशों का उद्देश्य लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान हासिल किये गये अनुभव का लाभ उठाते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करना है बीस अप्रैल को जिन गतिविधियों को गति दी जानी है उनका उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को पटरी पर लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दक्ष बनाना है साथ ही इसका उद्देश्य दिहाड़ी और अन्य मजदूरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराना है ये दिशा निर्देश सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक क्षेत्रों को बिना किसी बाधा के कार्य करने की अनमति देते है साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की श्रृंखला को बनाये रखने का भी प्रबंध करते हैं इन दिशा निर्देशों का मकसद अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करना है जो कृषि ग्रामीण विकास और रोजगार सूजन के द्रष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इन दिशा निर्देशों में उन क्षेत्रों में सख्त प्रोटोकॉल बनाये रखने की वकालत की गई है जहां इस महामारी से निपटने के लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री रेल सेवाएं पूर्णबंदी के कारण तीन मई तक पूरी तरह रद्द रहेंगी रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि सभी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए

इसी योजना के तहत चौदह हजार नौ सौ छियालीस करोड़ रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर किसान के खाते में भेज दी गयी है

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मुरादाबाद की आज की एक घटना का संज्ञान लेते हुए दिये उन्होंने कहा कि राजकीय सम्पत्ति के नकसान की भरपाई दोषियों की सम्पत्ति से की जायेगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि मुरादाबाद में कोरोना संदिग्ध की जांच के मामले में गई चिकित्सकों और पुलिस की टीम पर हमला किया गया जिसमें लोगों को चोट आई तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखबारों में विज्ञापन देकर प्रदेश के लागों से लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ही रहने की अपील की है उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र में फंसे लोगों के लिए नितिन गोकर्ण को प्रशासनिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा दिए बिना उत्तीर्ण समझा जाएगा एक रिपोर्ट यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी परीक्षा की तैयारियां और पढ़ाई कोरोना वायरस के खतरे की वजह से स्कूलों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के बंद हो जाने के चलते प्रभावित हुई थीं कल एक समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यह घोषणा की कि नवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीस अप्रैल से ई लर्निंग के जरिये पढ़ाया जाएगा और व्हाट्स ऐप के जरिये वर्चुअल कक्षाएं शुरू की जाएंगी उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षा पोर्टल की मदद ली जा सकती है और साथ ही यह सुझाव भी दिया कि इस सिलसिले में दूरदर्शन छात्रों की मदद के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हो सकता है माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ शर्मा पहले ही ऐलान कर च्रके हैं कि इस साल की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जून के पहले हफ्ते में घोषित कर दिये जाएंगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज से प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूँ की खरीद शुरू हो गई है सरकार ने राज्य में गेहूँ खरीद के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की है गेहूँ का समर्थन मूल्य एक हजार नौ पच्चीस रूपये प्रति कुन्तल रखा गया है और इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि गेहूँ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न हो

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद किसानों को अपनी फसल क्रय केन्द्रों तक लाने की छूट दी गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि किसानों को अपनी उपज को बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने पाये

पीलीभीत में एक सौ चौबीस क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई वाराणसी में भी क्रय केन्द्रों के माध्यम से गहूँ की खरीद शुरू हो गई हरदोई में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गेहूँ की खरीद का काम शुरू हो गया प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर सात सौ सत्ताईस पहुंच गई है प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि चौबीस जनपद कोरोना से संक्रमित है